बाहर से आने वाले यात्रियों पर रखी जा रही है विशेष नजर

कहा कोविड केयर सेंटर को किया जा रहा है सुचारू

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राज्य के मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने बताया कि देश के दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों और होली को देखते हुए ये निर्देश जारी किये गये हैं और ब्यौरा हमारी संवाददाता से साउंड बाईट नये दिशा निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र पंजाब और केरल से बिहार आने वाले लोगों के लिये कोरोना निगेटिव होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा जिनके पास संबंधित प्रमाण पत्र नहीं होगा उन समी की रैपिड एटीजन जांच की जायेगी और पॉजिटिव मिलने पर उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जायेगा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम आधार पर जांच करवायी जायेगी यह व्यवस्था कल से प्रमावी होगी जिन पंचायतों में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से लोग आये हैं वहां माईकिंग के माध्यम से कोविड उन्नीस की जांच के लिये लोगों को प्रेरित किया जायेगा इस काम में स्वास्थ्य विमाग के कर्मियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों की भी मदद ली जायेगी इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में कोविड उन्नीस के मामले मिलेंगे वहां मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा और आसपास के लोगो की कोरोना जांच करवायी जायेगी सभी सिविल सर्जन को कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेत्थ सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करने और उसे तैयार रखने के निर्देश दिये गये हैं नये दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह पर भी प्रतिबंध लगाया गया है लोगों से मास्क पहनने सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और अन्य एहतियाती उपायों पर अमल करने की अपील की गयी है

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है आज विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सभी एहतियाती उपाय बरत रही है

स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो नौ प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में तीन सौ सत्ताईस मरीजों का उपचार चल रहा है जिसमें सबसे अधिक एक सौ उनासी मामले पटना से हैं अरवल बांका बक्सर गोपालगंज जमुई शेखपुरा और शिवहर जिलों में कोविड का एक भी सक्रिय मामला नहीं है वहीं राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ बावन हो गयी है प्रदेश में अब तक चौदह लाख बहत्तर हजार चार सौ उन्नीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से ग्यारह लाख बावन हजार एक सौ बीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख बीस हजार दो सौ निन्यानवे लोगों को दूसरी डोज दी गयी है किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है केन्द्र सरकार ने आज फिर कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि रेलवे देश की सम्पत्ति है और हमेशा रहेगी

भारतीय रेल भारत की संपत्ति है भारत की रहेगी भारत के लोगों की रहेगी लेकिन आखिर रोड़े भी भारत की संपत्ति है तो क्या कोई कहता है कि रोड़ पे सिर्फ सरकारी गाडियां चलेगी ऐसा तो कोई नहीं कहता हैं न रोड़ के ऊपर जितनी ज्यादा गाडियां चलेगी उतना देश का हित है लोगों को सुक्धिा मिलेगी तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पे भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले अच्छी स्पीड की ट्रेन चले और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए बेगूसराय जिले में निजी कंपनी पेप्सिको इंडिया पांच सौ करोड़ रूपये का निवेश करेगी उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि बरौनी औद्योगिक क्षेत्र के असुरारी में कंपनी को प्लांट लगाने के लिये सरकार ने पचपन एकड़ जमीन का आवंटन किया है उन्होंने बताया कि इससे क्षेत्र के लगभग दो हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा इधर केन्द्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने इस निवेश के लिये राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने आज लोकसभा में बिहार में उद्योग धंधों की कमी को प्रमुखता से उठाया श्री यादव ने कहा कि बिहार के बंटवारे के बाद सभी सरकारी उपक्रम झारखंड चले गये जिस कारण बिहार एक तरह से उद्योगविहीन राज्य हो गया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहल के बावजूद इस क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई है इसलिए केन्द्र सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए गया जिले के ड्रमरिया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गये हैं मृतकों में डुमरिया क्षेत्र का जोनल कमांडर अमरेश भोक्ता भी शामिल है प्राप्त जानकारी के अनुसार मजहरी खुर्द के जंगलों में कई घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद एके सैंतालीस रायफल सहित कई हथियार भी बरामद किये गये पूरे इलाके में सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों द्वारा सर्च अभियान जारी है राज्य सरकार ने आज कहा कि पदोन्नति पर उच्चतम न्यायालय की रोक हटते ही स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को स्कूलों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन देने की कार्रवाई शुरु की जायेगी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान सभा में कहा कि शिक्षा विभाग सहित राज्य के अन्य विभागों में आरक्षण और परिणामी वरीयता के मुद्दे पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है

राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेन्द्र के एक सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार को निजी स्कूलों के इस प्रकार के मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है

भाजपा के पवन जायसवाल और संजय सरावगी ने संबंधित प्रश्न को एक विभाग से दूसरे विभाग तक टाले जाने पर नाराजगी जतायी भाजपा के नंद किशोर यादव ने इसे पूरे राज्य के लिये महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए आपदा प्रबंधन और वन तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्णायक फैसला लेने की बात कही

उनका जन्म आज ही के दिन अठारह सौ छियासी ईस्वी में सारण जिले के मिश्रोलिया गांव में हुआ था वे न सिर्फ गीतकार बल्कि एक संगीतकार भी थे प्रबिया के साथ साथ कजरी दादरा खेमका और ठुमरी पर भी उनका समान अधिकार था पंडित जी के कई गीतों से प्रभावित होकर भिखारी ठाकूर ने अपने कई नाटकों का मंचन किया था

उनकी जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी साउंड बाईट राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है परीक्षार्थी संस्थान की वेबसाइट एनआईओएस डॉट एसी डॉट इन पर रिजल्ट देख सकते हैं बिहार नेत्रहीन परिषद् की ओर से आज जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ और परिषद् के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिन्हा के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया सभा में परिषद के महासचिव नवल किशोर शर्मा समेत कई गणमान्य लोग उपरिथित थे पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत मटिअरिया कोठी चौक पर अपराधियों ने आज पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी पैक्स अध्यक्ष अपनी दुकान पर बैठे हुए थे तभी दो मोटरसाईकिल पर सवार चार की संख्या में आये अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और एक मोटरसाईकिल में आग लगा दी अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस छापेमारी कर रही है वहीं समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वीरपुर गांव में अपराधियों ने एक ईंट भट्ठा के सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी कटिहार जिले के फलका प्रखंड स्थित सोहथा उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या दो की पंच मुन्नी सोरेन को शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है शेखपुरा जिले में चलाये जा रहे विशेष नामांकन अभियान में अनुपस्थित रहने के आरोप में छह शिक्षकों का वेतन बंद करते हुए उनसे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण की मांग की है नवादा जिले के वारिसलीगंज स्थित श्री गणेश वीके साहू इंटर विद्यालय के उनासीवें स्थापना दिवस पर विशेष डाक टिकट का अनवारण किया गया पूर्वी क्षेत्र के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने इसका अनावरण किया

बाहर से आने वाले यात्रियों पर रखी जा रही है विशेष नजर

कहा कोविड केयर सेंटर को किया जा रहा है सुचारू